कसौली हत्याकांड का आरोपी मथुरा के वृंदावन से गिरफ्तार विश्व प्रैस स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने प्रैस की आजादी के लिए कार्य करने वाले लोगों की सराहना की प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने मार्च में ली गई दसवीं की परीक्षा का परिणाम किया घोषित मुख्यमंत्री एशियन विकास बैंक के एक दल ने आज नई दिल्ली में कंट्री डायरेक्टर कनिंची योकोयामा के नेतृत्व में मुख्यमंत्री जयराम ठाकर के साथ एक बैठक की

इनमें शिमला शहर का सौंदर्यकरण टाउन हॉल की बहाली ट्टीकंडी में कार पार्किंग और ऊना के थिंतपूर्णी में पार्किंग व पर्यटक एकीकृत केंद्र शामिल हैं

एएआई भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण का एक दल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण के सर्वेक्षण के लिए सात मई को मण्डी का दौरा करेगा इस संबंध में प्राधिकरण के अधिकारियों के प्रतिनिधिमंडल ने आज नई दिल्ली में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से भेंट की मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कार्य की गति को बढ़ाने को कहा ताकि मण्डी में जल्द अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन सके गिरफतारी कसौली हत्याकांड के आरोपी विजय कुमार को आज गिरफ्तार कर लिया गया है सोलन के पुलिस अधीक्षक मोहित चावला ने बताया है कि दिल्ली पुलिस के सहयोग से आरोपी को मथुरा के वृदावन इलाके से पकडा गया है और उसे सोलन लाया जा रहा है उल्लेखनीय है कि उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद कसौली में अवैध होटलों के निर्माण पर कार्रवाई करने पहुंची जिला प्रशासन की टीम की महिला अधिकारी शैल बाला की हत्या के बाद आरोपी फरार चल रहा था इस बीच राज्य विद्युत बोर्ड ने आरोपी को घटना के बाद निलंबित कर दिया था महेन्द्र सिंह सोलन के नौणी स्थित डॉक्टर वाई एस परमार बागवानी व वानिकी विश्वविद्यालय में बागवानी में वैकल्पिक खेती प्रणाली द्वारा दोगुना उत्पादन विषय पर आज एक कार्यशाला लगाई गई इसमें पांच सौ से अधिक वैज्ञानिकों किसानों और छात्रों ने भाग लिया इस अवसर पर सिंचाई व जनस्वास्थ्य मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर ने प्रयोगशाला और विक्रय व प्रशिक्षण केंद्र की आधारशिला रखी उन्होंने वैज्ञानिकों से विदेशी अनुसंधान की बजाए अपने स्तर पर नई तकनीक खोजने का आहवान किया ताकि जलवाय के अनुसार उत्पादन को बढ़ाया जा सके उन्होंने प्रदेश को बेमौसमी सब्जियों और नकदी फसलों के उत्पादन में अग्रणी बनाने के लिए गुणवत्ता युक्त बीज और अन्य सुविधाएं मुहैया करवाने पर बल दिया

विपिन परमार स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री विपिन परमार ने कहा है कि प्रदेश सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए कृत संकल्प है

विपिन परमार ने कहा कि बीएससी मेडिकल टैक्नोलॉजी के छात्रों को छात्रावास और स्टाइफंड सुविधा देने पर विचार किया जाएगा उन्होंने कहा कि पैरामैडिकल स्टॉफ के आर एण्ड पी रूल्स बनाने की प्रक्रिया शीघ्र अमल में लाई जाएगी

इस केन्द्र में लोक अदालत मध्यस्थता व अन्य माध्यमों से विवादो का निपटारा किया जाएगा इस अवसर पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान सहित अन्य न्यायाधीश अधिवक्ता व गणमान्य लोग मौजुद रहे प्राधिकरण भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने सोशल मीडिया और ऑनलाइन समाचार चैनलों पर आधार एनरोलमेंट सॉफ्टवेयर में छेडछाड किए जाने व इसे अवैध रूप से बेचे जाने की खबरों को निराधार बताया है प्राधिकरण की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि ये खबर निराधार झूठी भ्रामक और गैर जिम्मेदाराना है प्रधिकरण ने ये भी कहा है कि आधार कार्ड जारी करने से पहले एनरोल और अपडेट करने की कडी प्रक्रिया के तहत आधार में नाम दर्ज कराने वाले के सभी बॉयोमीटिक्स का मिलान किया जाता है प्राधिकरण ने आश्वासन दिया है कि आधार प्रणाली पूरी तरह सुरक्षित है प्राधिकरण ने लोगों को भी सलाह दी है कि वे अनाधिकृत केन्द्रों पर न जाएं

इस वर्ष का विषय है सत्ता पर नियंत्रण रखना मीडिया न्याय और कानून का शासन

इस बीच प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उन सभी लोगों की सराहना की है जो प्रेस की आजादी के लिए प्रयासरत हैं उन्होंने टवीट कर कहा है कि इन अनगिनत महिलाओं और पुरूषों के प्रयासों के कारण ही स्वतंत्र प्रेस की विचारधारा को बढ़ावा मिला है श्री मोदी ने कहा है कि स्वतंत्र प्रैस लोकतंत्र को मजबूत करती है किशन कपूर खाद्य व नागरिक आपूर्ति मंत्री किशन कपूर ने युवाओं से शहीदों के बलिदान से प्रेरणा लेने का आहवान किया है

किशन कपूर ने कहा कि ये जरूरी है कि आने वाली पीढ़िया शहीदों की गौरव गाथाओं से परिचित हो उन्होंने इस अवसर पर विविध क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाले प्रतिभागियों को भी सम्मानित किया वीरेन्द्र कंवर ग्रमीण विकास व पंचायतीराज मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने आज ऊना जिला के क्टलैहड विधानसभा क्षेत्र के थानाकलां में नवनर्मित सिंचाई व जनस्वास्थ्य निरीक्षण भवन का लोकार्पण किया इस अवसर पर उन्होंने कहा कि क्षेत्र का संपूर्ण विकास और पेयजल समस्या का स्थाई समाधान उनकी प्राथमिकता है और इस दिशा में हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं वीरेन्द्र कंवर ने कहा कि वर्षा जल संग्रहण के लिए चैक डैम बनाए जाएंगे परिणाम प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा मार्च में ली गई दसवीं की परीक्षा का परिणाम आज घोषित कर दिया गया है

कांगडा की सोनम और शिमला के राहल कुमार ने दूसरा जबकि बिलासपुर की निहारिका चंबा की वंशिता शिमला की श्रेया और सिरमौर की रिधिमा तीसरे स्थान पर रहे

इसमें संबधित जिलों के नोडल अधिकारी राज्य नोडल अधिकारी और वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे केन्द्रीय महिला व बाल विकास मंत्री मेनका गांधी इस सम्मेलन की मुख्य अतिथि होंगी ये सम्मेलन अनुभव साझा करने का अवसर प्रदान करेगा और नए जिलों को कार्यक्रमों की योजना बनाने व इसके सफल कार्यान्वयन के लिए प्रेरणा प्रदान करेगा

सचिन तेंदुलकर मास्टर ब्लॉस्टर सचिन तेंद्लकर ने आज धर्मशाला के अंतर्राष्ट्रीय किकेट स्टेडियम में किकेट म्यूजियम का शिलान्यास और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उदघाटन किया इस मौके पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि धर्मशाला का वातावरण खिलाडियों के लिए बेहद अच्छा है सचिन तेंदुलकर ने कहा कि भारत में किकेट के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने की जरूरत है सांसद अनुराग ठाक्र भी इस दौरान मौजूद रहे